संसद में आज पेश किया जायेगा आर्थिक सर्वेक्षण

पटना जिले के नौबतपुर में पुलिस ने नकली दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एक करोड़ रूपये की नकली दवा जब्त किया है इस मामले में मकान मालिक को हिरासत में लेकर मकान को सील कर दिया है वरीय प्रलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने बताया कि मौके से तैयार स्कीन लाइट क्रीम करीब साढ़े चार हजार खाली ट्यूब तीस हजार ट्यूब के ऊपर का डिब्बा पैंतीस हजार डाबर लाल दंत मंजन पैनडौर्म क्रीम साढ़े सात हजार ट्यूब पैक करने वाली एक मशीन और क्लैवम छह सौ पच्चीस नामक एंटी बॉयोटिक दवा का खाली डिब्बा बरामद किया गया है उन्होंने कहा कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है सीबीआई ने राइस मिल चलाने के नाम पर बैंक को लगभग आठ करोड़ रुपये का घाटा पहुंचाने के आरोप में एक फर्म और उसके तीन निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है प्राथमिकी में पटना के नार्थ श्रीकृष्णापुरी मेसर्स ओम आस्था इंडो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और उसके तीन निदेशक शैलेश प्रताप सिंह सुधा प्रताप और विशंभर सिंह को आरोपित किया गया हैं आरोपितों पर पंजाब नेशनल बैंक को ब्याज सहित कुल आठ करोड़ ग्यारह लाख छियासी हजार रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है

वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन दोनों सदनों में आर्थिक समीक्षा पेश करेंगी इस समीक्षा से देश के वार्षिक आर्थिक विकास की जानकारी मिल सकेगी वित्त मंत्री कल संसद में आम बजट पेश करेंगी आकाशवाणी से कल दिन भर लोकसभा में पेश किए जाने वाले केन्द्रीय बजट दो हजार उन्नीस बीस पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे कल सुबह दस बजकर दस मिनट से हमारे स्टूडियो में बजट पूर्व विचार विमर्श वित्त मंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण विशेष बजट बुलेटिन और बजट पेश किए जाने के बाद विशेषज्ञों से बातचीत के लिए हमारे यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिसियल को देखें दिन में किसी भी समय बजट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे ट्वीटर एट दी रेट एआईआर न्यूज अलर्ट्स और आधिकारिक फेसबुक पृष्ठ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें राज्य में संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस के कारण मरने वाले बच्चों के मामले में दायर की गयी याचिका पर केन्द्र सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार को इसमें कोई भूमिका नहीं है केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अवर सचिव चंदन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर करते हुए कहा है कि राज्य सरकार बीमारी की रोकथाम के लिए उचित कदम उठा रही है और इसमें केन्द्र सरकार मदद दे रही है अवर सचिव ने कहा है कि बीमारी के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं राज्य का दौरा किया था उन्होंने बताया कि इस बार मुजफ्फरपुर बीमारी का केन्द्र था जहां सौ बिस्तरों वाले बाल आईसीयू खोला जा रहा है साथ ही आस पास के जिलों में दस बिस्तरों वाले ऐसे आईसीयू बनाये जायेंगे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वेतन संहिता विधेयक दो हजार उन्नीस को मंजूरी दे दी है इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद केन्द्र सरकार कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय करेगी जिससे कम वेतन राज्य सरकारें नहीं दे पायेगी इस विधेयक में वेतन भुगतान के लिए सेक्टर और वेतन की अधिकतम सीमा की श्रेणी खत्म कर दी गयी है राज्य के बारह जिलों के तीस प्रखंडों में जल शक्ति अभियान शुरू कर दिया गया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि इस अभियान में बेगूसराय वैशाली कटिहार सारण गोपालगंज और मुजफ्फरपुर के दस प्रखंड तथा गया नालंदा नवादा जहानाबाद पटना और भोजपुर के बीस प्रखंडों को शामिल किया गया है राज्य के सभी आहर और पइन का जीर्णाद्वार किया जायेगा लघु जल संसाधन मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव ने बताया कि राज्य में लगभग पांच हजार नलकूप चालू हैं उन्होंने कहा कि अब तक लगभग चार सौ छह आहर पइन का जीर्णोद्वार करा दिया गया है शेष आहर पइनों के निर्माण के लिए शीघ्र राशि उपलब्ध करा दी जायेगी राज्य के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बिहार और आस पास के राज्यों में मॉनसूनी सिस्टम और मजबूत हुआ है जिसके कारण कल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार आज भी राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है इधर बारिश के कारण गर्मी से राहत के बाद राज्य भर के स्कूलों में आज से समय में बदलाव किया गया है अधिकांश स्कूलों में कक्षाएं सुबह सात बजे से एक बजे तक संचालित होगी

इस मामले में आरोपियों की संख्या ग्यारह हो गई है दोनों आरोपितों पर अलग अलग लोगों को चोरी के शस्त्र बेचने का आरोप है देश के सुन्दर रेलवे स्टेशनों में पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर राजेन्द्र नगर और मधुबनी रेल स्टेशन को शामिल किया गया है रेलवे की ओर से जारी सुंदर स्टेशनों पर बने वीडियों में दानापुर और मधुबनी स्टेशनों को भी प्रमुखता दी गयी है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक वीडियो ट्वीट के माध्यम से इन स्टेशनों की सुंदरता की सराहना की है रेल मंत्री ने राजेन्द्र नगर टर्मिनल स्टेशन की साज सज्जा और सुंदरता की सराहना की है उन्होंने लिखा है कि अपनी सुंदरता और यात्री सुविधाओं के कारण पर्यटकों को यह स्टेशन आकर्षित कर रहा है मिथिला पेंटिंग की कलाकार शिल्पी अंजु मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय इंडियन बेस्टीज अवार्ड दो हजार उन्नीस से सम्मामिन किया जायेगा मध्रबनी जिले के गजहारा लदनिया की रहने वाली अंजु को चौदह जुलाई को राजस्थान के जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में यह दिया जायेगा राज्य के बेउर समेत ग्यारह कारागार अधीक्षकों का तबादला किया गया है सभी अधीक्षकों को अपने जूनियर अधिकारी को प्रभार देकर नये स्थान पर योगदान करने का आदेश दिया गया है इसमें बेउर के काराधीक्षक को भागलपुर का काराधीक्षक बनाया गया है जबकि मोहितारी के अधीक्षक को बिहारशरीफ मधेप्रा को गोपालगंज आरा को किशनगंज समेत अन्य अधीक्षकों का तबादला किया गया है राज्य में सात सौ पैंसठ राजस्व कर्मचारी और पन्द्रह सौ बाईस अमीनों की नियुक्ति की जायेगी भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने विधान परिषद में बताया कि शेष खाली पदों को भरने की भी प्रक्रिया चल रही है शिक्षा विभाग ने दसवीं सेंटअप की परीक्षा तिथि में परिवर्तन कर दिया है

बीपीएससी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है इस परीक्षा में आर्या राज को पहला स्थान मिला है सारण के बनियापुर में खेली जा रही छठी राज्य सब जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता में पटना सीवान भोजपुर बक्सर सारण मुंगेर और बेगूसराय की टीमों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अध्यक्ष पद को छोड़ने की खबर के साथ अन्य खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्द्रस्तान का शीर्षक है दुनिया भर में व्हाट्सएप फेसबुक डाउन दैनिक जागरण ने लिखा है केन्द्र सरकार ने धान सहित सभी खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में क बढ़ोतरी प्रभात खबर की बड़ी खबर है जून में एकतालीस प्रतिशत कम हुई बारिश अब तक इकसठ दशमलव सात तीन प्रतिशत ही डाला गया बिचड़ा अखबार आज ने प्रदेश के उनतीस अरब अठारह करोड़ का कृषि बजट पास को प्रमुख से प्रकाशित किया है

संसद में आज पेश किया जायेगा आर्थिक सर्वेक्षण